जन नायक जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विधानसभा च्नाव में सीटों को लेकर भाजपा से अभी तक कोई बात नहीं हई

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के बजट में इस बार उन विषयों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनसे रोजगार को बढ़ावा मिले वे आज फरीदाबाद व ग्रुग्राम में उत्पादन क्षेत्र के हिस्सेदारों के साथ बजट से पूर्व विचार विमर्श बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने रोजगार बढ़ाने में औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका रहती हैइसलिए जो उद्योग हरियाणा के य्वाओं को अधिक रोजगार देगी उसे सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन दिया जाएगा उन्होंने कहा कि बजट में यही होता है कि कितना राजस्व कहां से प्राप्त होगा और उसका खर्च किस किस मद में किया जायेगा हरियाणा के य्वाओं को औद्योगिक क्षेत्र के लिए हृनरमंद बनाने तथा उद्योगों में समायोजन के लायक बनाने के लिए पलवल जिला में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है इस विश्वविद्यालय में उदयोगों की जरूरत के अन्सार अनेक कोर्स श्रू किए गए हैं उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में औदयोगिक क्षेत्र के विकास के लिए मुलभुत सुविधाओं के विकास के लिए प्रयासरत है

इन बसों से सिटी बस सेवा की सहलियत मिलेगी हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य केवल उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है जो दशकों से पीडि़त रहे हैं भारत के अल्पसंख्यकों का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है श्री मनोहर लाल पानीपत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए लोगों को संरक्षित करना ही इस कानून का मूल उद्देश्य है म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बाहर के अल्पसंख्यकों को सम्मान देने और उन्हें अन्कूल वातावरण देने के लिए नागरिक संशोधन अधिनियम लाने की पहल की है

ग़ह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी संस्कृति सभ्यता सामाजिक और नैतिक मूल्यों में सेवा भाव निहित है लोगों के बीच बैठकर सामाजिक विषयों के साथ साथ विकास कार्यो पर चर्चा करना स्खद अहसास देता है हमें चाहिए कि हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को प्रदर्शित और परिभाषित करता साहित्य अपने घरों में अवश्य रखना चाहिए ताकि भावी पीढिय़ां अतीत के सामाजिक मूल्यों से सीख लेकर वर्तमान में सेवा और संस्कारों के नये अध्यायों का सूत्रपात कर सकें श्री विज सदर बाजार चौक अम्बाला छावनी में लोगों के साथ विभिन्न सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा कर रहे थे

मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जस्टिस ढींगरा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हये कहा कि कांग्रेस ने कभी भी जांच के नेतृत्व नहीं किया उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट बह्त महत्वपूर्ण है जिसके मुख्य निष्कर्ष में कहा गया है कि इन दंगों की सही जांच कभी श्रू ही नहीं हुई श्री जावड़ेकर ने कहा कि सिक्ख विरोधी दंगों के अपराधियों को सज़ा नहीं मिली क्योंकि अधिकारियों और प्लिस ने जांच में दिलचस्पी नहीं दिखाई

उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के लिए याचिकायें दायर करने का स्झाव दिया है उन्होंने कहा कि प्लिस ने उप वक्त कार्यवाही इसलिए नहीं की थी क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाधी ने इन दंगो को एक एक तरह से उचित ठहराते हये कहा कि जब कोई बड़ा गिरता तो धरती हिलती है

वरिष्ठ भाजपा नेता ने निर्भया सामूहिक द्वष्कर्म में दोषियों को फांसी देने पर हो रही देरी की अनदेखी के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया

श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रा देश चाहता है कि चारों दोषियों को फांसी दी जाये परन्त् दिल्ली सरकार इसमें देरी कर रही है जन नायक जनता पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली विधानसभा में सीट के बंटवारे को लकर अभी कोई बात नहीं हई है

कशल हरियाणा सशक्त हरियाणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य स्कूल परियोजना परिषद के सौजन्य से हरियाणा में पहली बार कौशल विषयों पर राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

इस दौरान भारतीय किसान य्नियन के पदाधिकारियों ने रोष स्वरूप शहर में ज्लूस निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम उपाय्क्त को ज्ञापन भी सौंपा

पंचकुला के शिक्षा परियोजना परिषद के सलाहकार अमीचंद ने आज पलवल मे इस योजना को लेकर औचक निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि पलवल जिले में समग्र शिक्षा अभियानके तहत बेहतर कार्य किया जा रहा है ग्वाहाटी में चल रही गेम्स खेलो इंडिया में विभिन्न जगहों पर साईकलिंग क्श्ती तीरअंदाजी बास्केटबाल म्क्केबाज़ी तथा भारतोलन के म्काबले चल रहे है